जम्मू कश्मीर के क्पवाड़ा सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद बख्तियारप्र के जवान कमलेश कुमार का आज उनके पैतृक गांव लखनपुरा में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पंडारक प्रखंड के लखनपुरा पहुंचने पर सैंकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दी इससे पहले केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर और बख्तियारपुर के विधायक रणविजय यादव ने शहीद जवान के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी शहीद जवान कमलेश कुमार चौदह महीने पहले ही सेना में भर्ती हुए थे हैदराबाद में ट्रेनिंग के बाद कुपवाड़ा में उनकी पहली पोस्टिंग थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने निर्यात और आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगभग सत्तर हजार करोड़ रुपये के नए उपायों की घोषणा की है उन्होंने कहा कि सरकार सस्ते और मध्य आय वर्ग की अध्री आवास परियोजनाएं पूरी करने के लिए विशेष व्यवस्था के तहत दस हजार करोड़ रुपये देगी वित्तमंत्री ने बताया कि अटकी आवासीय परियोजनाओं के लिए बनाए गए कोष से घर खरीदने वाले लगभग साढ़े तीन लाख लोगों को फायदा होगा बाईट किफायती और मध्यम आर्य वर्ग आवास के लिए विशेष व्यवस्था शुरू की गई है इस व्यवस्था से गैर एनपीए और गैर एनसीएलटी से परे उन आवासीय परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन की जरूरत पूरी होगी जो मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए किफायती और लाभकारी है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे वरना उसे टूटने से कोई नहीं रोक सकता डयूटी के दौरान शहीद एक सौ बाईस सैनिकों के परिवार के लिए सूरत में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही बाईट राजनाथ सिंह पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है यह आतंकवाद को बढ़ावा देना वह रोके नहीं तो इस हकीकत को कोई टाल नहीं सकता है कि पाकिस्तान के और अधिक टुकड़े होकर रहेंगे रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत में आजादी के बाद अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी है जबकि पाकिस्तान में सिखों बौद्धों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन जारी है रक्षामंत्री ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित थे हैं और रहेंगे उन्होंने कहा कि भारत लोगों को जाति या धर्म के आधार पर नहीं बांटता रक्षामंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि यदि उसने नियंत्रण रेखा से घुसपैठ कराई तो भारतीय सेना तैयार है और वह घुसपैठियों को वापस नहीं जाने देगी जीएसटी नेटवर्क ने नए व्यापारियों के लिए अगले वर्ष जनवरी से आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है इसका उद्देश्य वस्तु और सेवाकर में गड़बडियों को रोकना है जीएसटी नेटवर्क मंत्री समूह के अध्यक्ष और राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बंगलुरु में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग आधार प्रमाणन नहीं चाहते उन्हें स्वयं जाकर सत्यापन कराना होगा श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी नेटवर्क ने इस वर्ष चौबीस सितंबर से एक ही स्रोत से पूरी तरह ऑनलाइन रिफंड व्यवस्था का फैसला किया है रेलवे सत्रह सितम्बर से प्लास्टिक कचरा एकत्र करने का एक व्यापक श्रमदान अभियान शुरू कर रहा है रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस अभियान के दौरान सभी रेलवे परिसरों से प्लास्टिक का कचरा एकत्र किया जायेगा इससे स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा वहीं एकल उपयोग प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने के संबंध में जागरूकता बढ़ेगी रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी मंडल प्रमुखों को पत्र लिख कर प्रत्येक रेलवे स्टेशन और उसके आसपास की आवासीय बस्तियों में इस अभियान को व्यापक रूप से चलाने का निर्देश दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मोत्सव पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आज पटना में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद उपमुख्यमंत्री सूशील कुमार मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय सहित पार्टी के कई नेता मौजूद थे इससे पहले पटनासाहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने पीएमसीएच से सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उन्हें फल वितरित किया प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव पर पूर्णियां समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अभियंता दिवस के अवसर पर इंजीनियरों को बधाई दी है एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अभियंता लगन और द्रढ़ निश्चय के पर्याय हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के अभियंताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश मे आधारभूत संरचनाओं के निर्माण और उन्नत तकनीक के विकास में अभियंताओं का महत्वपूर्ण योगदान है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत आज से तीस सितंबर तक राज्य के सात सौ से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में आयुष्मान भारत पखवाड़ा शुरू किया गया है इस दौरान मरीजों का निबंधन जांच दवाईयां और कृत्रिम उपकरण लगाने की प्रक्रिया निशुल्क होगी सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना पर आधारित राज्य के एक करोड़ से अधिक जरूरतमंद परिवार इसका लाभ उठा सकते हैं आयुष्मान भारत पखवाड़ा के दौरान गंभीर और असाध्य रोग जैसे दिल की बीमारी कैंसर डायलिसिस और हड्डी से संबंधित बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया जायेगा रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फाज़िलपुर में आज पत्थर माफियाओं के हमले में डीएफओ बाल बाल बच गये यह घटना तब हई जब डीएफ ओ प्रद्य्म्न गौरव ने अवैध पत्थर खनन के आरोप में दो ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया था इस हमले में वन विभाग की चार गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गयी वहीं सैप का एक जवान घायल हो गया प्रलिस ने मामला दर्ज कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है डेहरी से रांची के बीच नई इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन कल से शुरू होगा यह ट्रेन कल शाम पांच बजकर पंद्रह मिनट पर रांची से खुलेगी और रात साढ़े ग्यारह बजे डेहरी पहुंचेगी डेहरी से यह ट्रेन अगले दिन सुबह चार बजे रवाना होगी और दिन के दस बजे रांची पहचेगी रांची से शनिवार को और डेहरी से रविवार को ट्रेन का परिचालन नहीं होगा दीपावली और छठ के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने तीन विशेष ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है यह तीनों ट्रेनें साप्ताहिक होंगी मालदा टाउन हरिद्वार एक्सप्रेस पटना होते हुए सात अक्टूबर से पच्चीस नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी वहीं हावड़ा गोरखपुर एक्सप्रेस चार से छब्बीस अक्टूबर के बीच प्रत्येक शुक्रवार को खूलेगी जबकि हावड़ा और छपरा के बीच सात से उनतीस अक्टूबर के बीच विशेष ट्रेन का परिचालन प्रत्येक सोमवार को होगा पूर्व मध्य रेल के समस्तीपूर रेल मंडल ने व्यापारियों को आकृष्ट करने के उद्वेश्य से माल प्रोत्साहन योजना शुरू की है सहायक मंडल वाणिज्य प्रबंधक नरेंद्र कुमार ने आज समस्तीपुर मे पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस योजना के तहत आगामी एक अक्टूबर से अगले साल तीस जून के बीच व्यस्त अवधि में सामानों की ढुलाई मे पंद्रह प्रतिशत की दर से लिए जाने वाले अतिरिक्त प्रभार को स्थगित कर दिया गया है उन्होंने कहा कि इसके अलावे मिनी और ट्र प्वाइंट रेक पर लागू प्रभार में भी पांच प्रतिशत की छूट देने का निर्णय किया गया है पांच दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज से प्रदेश के विभिन्न जिलों में कैम्प लगाकर पांच साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से उन्नीस सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान विभिन्न जिला अस्पतालों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का विशेष प्रबंध किया गया है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक सौ ग्यारहवीं जयंती के अवसर पर तेईस सितम्बर को बेगूसराय के सिमरिया में देशभर के कई प्रख्यात साहित्यकार जूटेगें इस अवसर पर दिनकर और हमारा समय विषय पर राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया जाएगां गोष्ठी में प्रख्यात साहित्यकार विभूति नारायण राय भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक लीलाधर मांडलोई प्रसिद्ध कवि नरेश सक्सेना और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ चंद्र भानु प्रसाद सिंह शामिल होंगे मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने कांटी थर्मल प्लांट और आवासीय परिसर में पौधारोपण किया उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों से सजग होने की भी अपील की पश्चिम चंपारण जिले के कालीबाग ओपी क्षेत्र के पास व्यवसायी की हत्या में शामिल एक आरोपी को बेतिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार अपराधी के पास से एक पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है बेगूसराय जिले के सिमरिया स्टेशन के समीप नशे में एक धंधेबाज से शराब की मांग करने वाले रेलवे सुरक्षा बल के एक जवान को जांच के बाद सहायक सुरक्षा आयुक्त ने निलंबित कर दिया है